सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में उत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक मे यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश उत्सव विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र त्यौहार है जो गुरू नानक देव जी और उनके उपदेशों का सम्मान करते हैं

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद रामस्वरूप शर्मा एवं किशन कपूर बैठक में मौजूद रहे विपिन परमार राज्य सरकार हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना में किडनी ट्रांसप्लांट को शामिल करेगी आईजीएमसी शिमला में किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होने पर विधानसभा में कल स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने अपने विशेष वक्तव्य में यह जानकारी दी

योजना का मकसद छोटे करदाताओं को कर विभाग में लम्बित विवादों से राहत दिलाना है सरकार ने करदाताओं और अन्य सम्बद्ध पक्षों से इस योजना का लाभ उठाकर एक नयी शुरूआत करने की अपील की है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा जलजनित रोग सोलन जिले में इन दिनों जलजनित रोग का प्रकोप बढ़ गया है और विभिन्न प्रकार के रोगी रोजाना अस्पताल में आ रहे हैं

उन्होंने लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा से विपक्ष के वाकआउट से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं अपने नेता की गिरफ्तारी पर बिफरे कांग्रेसी सदन में हंगामा वाकआउट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष का वाकआउट अजीत समाचार और आपका फैसला के एक जैसे शब्द हैं चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष का हंगामा सदन से किया वाकआउट

दैनिक जागरण का कहना है नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम पंजाब केसरी का शीर्षक है पुरानी पेंशन नहीं होगी बहाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है सीबीआई ने रोकी संदिग्ध संस्थानों की स्कॉलरशिप शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले अब नेशनल पोर्टल से ही मिलेगा वजीफा हिमकेयर व आयुष्मान भारत में शामिल होगा किडनी ट्रांसप्लांट दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है पूर्व वीरभद्र सरकार में हुई कंडक्टर भर्ती की होगी जांच दैनिक भास्कर की एक खबर है रोहतांग और मनाली के बीच हुए भू स्खलन पर अमर उजाला का कहना है तीन दिनों से भूखे प्यासे वाहनों में कैद होकर रह गए हजारों लोग इसी पत्र के अनुसार मंडी की चांदनी की डेब्यू फिल्म ऑस्कर स्क्रीनिंग को चयनित चंबा के टीचर को नेशनल अवार्ड शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है शिक्षक दिवस पर विकास महाजन को दिल्ली में सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति